केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधरण बीमा कंपनियों ओरियंटल इंष्योरेंस कंपनी लिमिटेड नेषनल इष्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेंड इंडिया इष्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ढाई हजार करोड़ रुपये निवेष करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आषय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई

इस मौके पर राज्य में वामपंथ उग्रवाद की समस्या पर विचार विमर्ष हुआ

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि समाज राज्य और देश के विकास में प्रेस मीडिया से जुड़े लोगों की भूमिका अहम् होती है मीडिया लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित है सामाजिक दृष्टिकोण में भी प्रेस मीडिया से जुड़े लोगों का स्थान बहुत ही प्रभावी रहा है

उन्होंने मुख्य रूप से सरिया चिचाकी और पचरुखी आरओबी के निर्माण सिजुआ रेम्बा और झारखंड धाम में रेलवे हॉल्ट का निर्माण तथा कोडरमा मधुप्र रेल लाइन के दोहरीकरण को लेकर विस्तार से चर्चा की सरायकेला खरसावां जिले की पुलिस ने नक्सलियों को कारतूस की आपूर्ति करनेवाले चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है

जबकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे को कार्मिक विभाग में योगदान देने का आदेष दिया गया है

इस अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्म ने कहा कि अठठारह सौ संतावन की काँति के पहले जनजातीय विद्रोह शुरू हो गया था तिलका मांझी ने इसका नेतृत्व किया था श्रीमती मुर्मू ने कहा कि इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है बहत सारी बातें आज भी इतिहास के पन्नों में नहीं आई हैं

उपसभापति झारखंड विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रषिक्षण कार्यषाला को संबोधित कर रहे थे श्री हरिवंष ने विधायकों के प्रषिक्षण के लिए संस्थान स्थापित करने की वकालत की उन्होंने संसदीय आचरण और मर्यादा बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है प्रदेष कांग्रेस की ओर से आज सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष रामेष्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए समाज के महत्वपूर्ण लोगों को सदस्यता दिलाई आज जिन प्रमुख लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई उनमें हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा अंसुता लकड़ा देवेष चन्द्र पूर्व रणजी किकेट खिलाड़ी निषांत राजा और बावन चौबे शामिल है राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता द्वारा आज चतरा जिला मुख्यालय में किसानों के बीच पम्प सेट का वितरण किया है इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि आने वाले समय में राज्य के सभी श्रमिकों के बीच धोती साड़ी का वितरण और सभी बेरोजगार युवकों को योग्यता के आधार पर नौकरी दी जायेगी ग्मला व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीष की अदालत ने आज हत्या के पुराने मामले में सुनवाई करते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास और बीस हजार जुर्माने की संजा सुनाई लातेहार जिले में डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान एवं झारखंड पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रीय जैनजातीय और लोक चित्रकला षिविर में देषभर के लोक चित्रकारों का जमावाड़ा लगा है नेतरहाट स्थित शैल हाउस में चित्रकार कहीं मिथिला की गोदना पेंटिग तो कहीं केरल की मुरल पेंटिग से अपनी लोक संस्कृति के रंग भर रहे हैं